प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार संसद भवन परिसर को नया स्वरूप देने के लिए समी आवश्यक कदम उठायेगी

प्रधानमंत्री ने कहा कि नये सांसदों को आवास मिलने में काफी दिक्कत होती है उन्होंने इस बात पर ख्रशी व्यक्त कि इस समस्या से निपटने के प्रयास किए गये हैं आवासीय परिसर निर्माण से जुड़े सभी लोगों को समय से यह काम पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ने बघाई दी रिजर्व बैंक के गर्वनर शक्तिकांत दास ने बड़ी गैर वित्तीय बैंकिंग कंपनियों की पूंजी के स्तर की समीक्षा से इंकार किया है

इसमें उनकी कार्यप्रणाली स्थिरता और पूंजी का आगमन और निर्गमन शामिल है

इस अवसर पर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं स्वर्गीय गांधी की जयंती अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाई जा रही है इस अवसर पर आज सुबह जयपूर के रामनिवास बाग से अक्षय ऊर्जा दौड़ का आयोजन किया गया

इससे पहले कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपूर के बिड़ला सभागार में आयोजित कार्यक्रम में राजीव गांधी की जयन्ती के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों का उदघाटन किया इस मौके पर श्री गहलोत ने कहा कि सत्ता के विकेंद्रीकरण प्रोद्यौगिकी के उपयोग तथा महिलाओं दलितों और पिछड़ों के उत्थान में राजीव गांधी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है राजस्थान इनोवेशन विजन के तहत सालभर कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जायेगी श्री गहलोत ने समारोह में ई गवर्नें स के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले कार्मिकों को ई गवर्ने स पुरस्कार से सम्मानित किया उन्होंने नवनियुक्त सूचना सहायकों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किये मुख्यमंत्री ने स्टेट डेटा सर्वर सेवाओं को भी प्रारम्म किया उन्होंने प्रदेश के ई साइन डेटा सेंटर आधार डेटा वॉल्ट राजस्व विभाग के धरा मोबाइल एप और राजस्व अधिकारी एप का भी लोकार्पण किया

राजस्थान उच्च न्यायालय ने उदयपुर शहर की झीलों के संरक्षण को लेकर पूर्व में जारी आदेशों की पालना नहीं होने पर नाराजगी जताई है न्यायालय ने उदयपुर जिला कलेक्टर नगर विकास न्यास और नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दो न्याय मित्र नियुक्त किए जिन्होंने समय समय पर झीलों का निरीक्षण कर कोर्ट के समक्ष वस्तुस्थिति रिपोर्ट पेश की

समारोह में तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉ सुभाष गर्ग और कुलपति आरए गुप्ता भी उपस्थित थे

इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोटा की ट्रिपल आईआईटी की जो कक्षायें जयपुर में चल रही हैं वह जल्दी ही कोटा में शुरु हो जायेंगी उन्होंने कहा कि कोटा में ट्रिपल आईआईटी के भवन के लिए राज्य सरकार द्वारा बजट आवंटित कर दिया गया है जम्मू कश्मीर में फर्जी हथियार लाइसेंस दिलाने वाले मास्टर माइंड मोहम्मद उस्मान को कल गिरफ्तार कर लिया

मुख्य आरोपी उस्मान इस मामले में पिछले दो साल से फरार था

बीसीआई के चेयरमैन ने अपने आदेश में कहा है कि चिरंजीलाल सैनी बीसीआर के चेयरमैन बने रहेंगे गौरतलब है कि बीसीआर के चेयरमैन चिरंजीलाल सैनी की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित कौंसिल की साधारण सभा की विशेष बैठक हंगामे के कारण स्थगित कर दी गई थी वहीं पंद्रह सदस्यों ने बाद में चेयरमैन पद पर सैयद शाहिद हसन को निर्वाचित करने की घोषणा कर दी थी

इस बीच कल टोंक जिले के बीसलपुर बांध के दो गेट खोल दिये गये

जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इन गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भिजवाये जाने के निर्देश दिये हैं उधर बारिश का दौर थमने से बासवाडा के माही बजाज सागर बांध के चार गेट बंद कर दिये गये हैं बूंदी जिले में पिछले दिनो हुई भारी बारिश से मक्का उड़द और सोयाबीन की फसलो को काफी नुकसान पहुंचा है कृषि अधिकारियों ने फसल खराबे की रिपोर्ट बनाना शुरू कर दिया है